वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भवन निर्माण के लिए कर्ज पर ब्याज दर को कम किया जायेगा

हिन्दी दिवस पर राज्यभर में हुए अनेक कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा हिन्दी के साहित्यकार और लेखक अपनेआप को कमतर नहीं समझें प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश जारी रहने से जनजीवन प्रभावित कई जिलों में अलर्ट जारी

केन्द्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं

उन्होंने कहा कि इस काम में बाहरी निवेशकों से भी करीब इतनी ही राशि उपलब्ध होने का अनुमान है उन्होंने कहा कि इससे किफायती तथा मध्यम आय वर्ग के लिए बनाई जा रही आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी

वित्त मंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशी बाजारों में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक उत्पादों पर कर और शुल्क का बोझ खत्म करने की एक नई योजना की भी घोषणा की

वित्तमंत्री ने निर्यातकों के लिए ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आवंटन के नियमों में संशोधन की घोषणा भी की

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में ओद्यौगिक उत्पादन और स्थिर निवेश में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं उन्होंने कहा कि बैंकों से ऋण प्रवाह को बेहतर बनाये जाने के लिए जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने आज उनकी नियुक्ति से संबंधी आदेष जारी किये

मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि यह पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है उन्होंने कहा कि वे सभी को साथ लेकर काम करेंगे और भाजपा एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभायेगी

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दूसरे देर्शो की भाषा के मुकाबले में भारत की भाषाएं समृद्व है उन्होंने कहा कि आज हिन्दी दिवस पर हमें आत्म चिंतन की जरूरत है

कार्यक्रम में श्री शाह ने राजभाषा प्रस्कार भी वितरित किये इस मौके पर उन्होंने महाशब्द कोष मोबाइल एप का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि भाषा की सरलता सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है हिंदी ने इन पहलुओं को खबसुरती से समाहित किया है केंद्रीय पर्यावरण वन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत की उन्होंने कहा कि अब भारतीय भाषाएं और समृद्ध हो रही है हिन्दी दिवस पर जयपुर में राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस समारोह जयपुर में आयोजित किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि हिन्दी भाषी राज्यों में सभी राज कार्य तथा आवश्यक पत्राचार हिन्दी में ही करने पर बल देना होगा इस अवसर पर आयोजना तथा भाषा और पुस्तकालय राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि हिंदी दिवस राजभाषा के प्रति समर्पण और निष्ठा प्रकट करने का ही दिन नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प लेने का दिन है

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हिन्दी साहित्यकारों के लिए भी एक बड़ा कार्यकम होना चाहिए और सरकार इसमें किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा के लेखकों और साहित्यकारों को अपने आप को किसी भी तरह से कमतर नहीं समझना चाहिए हिन्दी दिवस के सिलसिले में सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिन्दी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं

जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रफीक खान ने लोक अदालत का उद्घाटन किया

विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने लोक अदालतों में बडी संख्या में मामले निपटाये जाने के समाचार दिये हैं उधर पाली में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के हडताल पर रहने से लोक अदालतों में काम नहीं हो पाया वहीं उपखंड स्तरों पर आयोजित लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से कई मामले निपटाये गये

झालावाड में बारिश से कई नदियां उफान पर हैं

प्रतापगढ और बूंदी में व्यापक बारिश हुई हे बूंदी से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के कई निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाया गया उधर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी के किनारे बसे गांव में हाई अलर्ट किया गया है

वहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक ज्यादा होने कारण आज बांध के आठ गेट खोले गये हैं इससे क्षेत्र में बसे निचले गांवों को अलर्ट किया गया है इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में प्रदेष के दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिष की चेतावनी जारी की है विभाग ने सोमवार को बांसवाडा बारा झालावाड कोटा ड्रंगरपुर और प्रतापगढ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वहीं भीलवाडा ब्रंदी चित्तोडगढ राजसमंद और उदयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है विभाग ने बारा में मंगलवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि सिरोही टोंक उदयपुर सवाई माधोपुर कोटा प्रतापगढ समेत अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है